मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी पचहत्तर जनपदों में पन्द्रह जून तक ट्रूनेट मशीनों को कार्यशील करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि संक्रमण के संबंध में शीघ्रता से टेस्टिंग परिणाम प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर ट्रूनेट मशीने उपलब्ध कराई है श्री योगी आज लखनऊ में एक बैठक के दौरान अनलॉक वन की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कोविड तथा नान कोविड अस्पतालों की व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त बनाये रखने के निर्देश देते हुए कहा कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री चिकित्सा संस्थानों और स्वास्थ्य मंत्री जिला चिकित्सालयों से नियमित संवाद रखते हुए जानकारी प्राप्त करे बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी छह माह में दस लाख नई नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध करान की कार्य योजना तैयार कर ली गई है

उन्होंने अस्पतालों की साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने रोगियों को समय से दवा और भोजन तथा पीने के लिये गुनगुना पानी भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि कोरोना से संक्रमित मरीजों के साथ हो इमरजेंसी मरीजों को अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं का पूरा लाभ मिले उन्होंने टेस्टिंग क्षमता में वृद्धि के लिये सतत प्रयास किये जाने पर बल दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल फिलीपींस के राष्ट्रपति रॉद्रिगो दुतेर्ते के साथ टेलीफोन पर बातचीत की

दोनों नेताओं ने मौजूदा संकट के दौरान नागरिकों के हित में किए गए प्रयासों की सराहना की फिलीपींस के राष्ट्रपति ने इस कठिन दौर में आवश्यक चिकित्सा वस्तुओं की आपूर्ति के लिए भारत का आभार व्यक्त किया

श्री मोदी ने कहा कि भारत फिलीपींस को हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोगी मानता है

मंत्री समूह के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि विश्व की तुलना में भारत बेहतर स्थिति में हैं लेकिन संतुष्टि की कोई गुंजाइश नहीं हैं बैठक में मंत्री समूह को देश में चिकित्सा ढ़ांचे और कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की स्थिति की जानकारी दी गई

पहली बार स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमित होने वालों की संख्या से अधिक है

इसके साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़ कर सात हजार सात सौ पैंतालीस हो गई है देश में मृत्यु दर दो दशमलव आठ शून्य प्रतिशत है प्रदश में अब तक छह हजार नौ सौ इकहत्तर करोनो पीड़ित लोग उपचारित होकर अपने घर जा चुके हैं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि इस समय राज्य में चार हजार एक सौ अट्ठारह सक्रिय मामले हैं उन्होंने बताया कि कल एक दिन में सर्वाधिक तेरह हजार दो सौ चौंसठ सैम्पल की जांच की गई और अब तक प्रदेश में कुल चार लाख चार हजार छह सौ सैंतीस सैम्पल की जांच की गई है श्री प्रसाद ने लोगों से लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने का अनुरोध किया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

इन संशोधनों का लक्ष्य गाय की रक्षा करना और गौ वध से संबंधित अपराधों को रोकना है नए नियमों के अनुसार अगर कोई भी गौ वध करता पाया गया तो उसे अधिकतम दस साल की सजा और पांच लाख रूपये जुर्माने का दंड लगाया जा सकेगा इस नए कानून में गाय को चोट पहुंचाने और यातना देने को भी दंडनीय अपराध बनाया गया है अपराधियों की तस्वीारों को भी सरकार उनके ही इलाके में प्रमुख स्थाीनों पर लगवाएगी ताकि उन्हें अपने अपराध पर शर्म आए अगर कोई एक बार इस किस्म के अपराध में सजा पाने के बाद दोबारा कानून तोड़ता है तो उस पर दोगुना दंड लगाया जाएगा गौ वंश के जीवन को संकट में डालने की नियत से उसका परिवहन करना भी दंडनीय होगा अगर कोई गौ वंश को मारने की नियत से खाना और पानी नहीं देता है तो उसे कम से कम एक साल और अधिकतम सात साल तक की कठोर कारावास की सजा दी जा सकेगी नए कानून के मुताबिक अगर किसी वाहन में गौ वंश का परिवहन पाया जाता है तो उसे एक साल तक या उस गौ वंश को छोड़े जाने तक उस पर आने वाला खर्च भी वहन करना होगा सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने मंडलायुक्तों के नियंत्रणाधीन नोडल अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे एक जून से दस जून तक किये गये खाद्यान वितरण और इसके बाद पन्द्रह जून से किये जाने वाले खादयान वितरण की व्यवस्था का निरीक्षण कराना सुनिश्चित करे उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद प्रदेश में आये प्रवासियों के चिन्हीकरण और सभी लाभार्थियों को अनुमन्य खाद्यान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये नोडल अधिकारी उचित दर की दुकानों का रैन्डम आधार पर सत्यापन कर रिपोर्ट की प्रगति संबंधित जिलाधिकारी और खाद्य आयुक्त उपलब्ध कराये गौरतलब है कि जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रवासियों और अवरूद्ध प्रवासियों को पांच किलोग्राम प्रति यूनिट निःशुल्क खाद्यान और एक किलोग्राम प्रति कार्ड निःशुल्क चना का वितरण किया जायेगा मुख्य सचिव ने खाद्यान की गुणवत्ता और घटतौली की शिकायतों का तत्काल संज्ञान लेते हुए उनका निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिये

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सीजोएचएस पैनल में शामिल और राज्य सरकारों द्वारा कोविड अस्पताला के रूप में अधिसूचित सभी अस्पतालों को आदेश दिया है कि उन्हें सीजीएचएस लाभार्थियां को कोविड संबंधी उपचार उपलब्ध कराना होगा सीजीएचएस पैनल में शामिल जो अस्पताल कोविड अस्पतालों के रूप में अधिसूचित नहीं है वो भी सीजीएचएस लाभार्थियों को उपचार या भर्ती करने से मना नहीं कर सकेंगे

दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई की जायेगी केन्द्र और राज्य सरकार ने लॉकडाउन की संकट की घडो में चिकित्सा संबंधी परेशानियों से जूझ रहे बहुत से परिवारों की मदद की हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने किस तरह देहरादून में फंसी कानपुर की एक पांच माह के बच्ची के टीकाकरण में मदद की कानपुर के दीपांकर तिवारी अपनी बेटी के टीकाकरण के लिए परेशान थे जो लॉकडाउन के दौरान अपनी मां के देहरादून में फंसी हुई थी

कोविड की वजह से कोई जा नहीं पा रहा था छोटे बच्चे को लेकर दीपांकर ने अपनी मुश्किल के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा और इस समस्या को फौरन हल करने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों ने मिलकर काम किया

लॉक डाउन के दौरान दिपांकर जैसे हजारों लोगों की समस्याओं का त्रंत समाधान किया गया और वो सरकार का इस पहल के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

रेल मंत्रालय ने राज्य सरकारों से श्रमिक स्पेशल रेलगाडियों की आवश्यकता का विवरण मांगा है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कहा कि राज्य सरकारों की मांग पर रेलवे चौबीस घंटे के अंदर श्रमिक स्पेशल रेलगाडियां उपलब्ध कराएगा